किशनगंज में सबसे अधिक तिरसठ प्रतिशत मतदान दस नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

अब तक दो लाख तेरह हजार से अधिक लोग हुये स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण में अंठावन प्रतिशत मतदान हुये किशनगंज में सबसे ज्यादा तिरसठ प्रतिशत मतदान हुआ वहीं वैशाली में सबसे कम उनचास दशमलव नौ सात प्रतिशत मतदान हुआ है इसके बाद कटिहार जिले में इकसठ दशमलव पांच सात प्रतिशत और सहरसा जिले में साठ दशमलव दो शून्य प्रतिशत मतदान हुआ निर्वाचन विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज दूर दराज के इलाकों से रिपोर्ट आने के बाद मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा मतदान का ये प्रतिशत पहले के दो चरणों के मुकाबले अधिक है पहले चरण में पचपन दशमलव छह आठ प्रतिशत और दूसरे चरण में पचपन दशमलव सात शून्य प्रतिशत मतदान हुआ था इधर वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव में छप्पन दशमलव शून्य दो प्रतिशत मतदान हुआ विधानसभा चुनाव में तीन हजार सात सौ तैंतीस उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं इनमें महिलाओं की संख्या तीन सौ सत्तर है वहीं तीसरे चरण में अठहत्तर सीटों पर हुये मतदान के बाद सभी एक हजार दो सौ चार उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गये इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी राज्य के बारह मंत्री तीन पूर्व सांसद और सात पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में हैं इधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने तीनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी मतदाता निर्वाचनकर्मी सुरक्षाकर्मी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और निर्वाचन विभाग के कर्मियों को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार के चूनाव में शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ

कोरोना संक्रमण के बीच देश में पहली बार यहां चुनाव हआ उत्साही मतदाताओं ने कोरोना से बेखौफ होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोट डाले गए

तीनों चरणों के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई इसका पूरा श्रेय चुनाव आयोग और प्रशासन को जाता है

आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल हमारे मध्रबनी संवाददाता ने बताया कि जिले के हरलाखी बेनीपटटी बिस्फी लौकहा बाबूबरही और खजौली विधानसभा क्षेत्र में वैश्विक कोविड महामारी से बचाव के सभी उपायों को अपनाते हुये मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

राज्य के सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की उन्नीस कंपनियों को तैनात किया गया है जबकि मतगणना के बाद भी किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना से निपटने के लिये अर्धसैनिक बलों की उनसठ कंपनियों को तैनात किया गया है इधर तीसरे और आखिरी चरण का मतदान समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों की वापसी के आदेश भी दे दिये गये हैं राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिये अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की एक हजार दो सौ कंपनियां चुनावी ड्यूटी में लगायी गयी थी पहली बार विधानसभा चुनाव के लिये इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी दरभंगा हवाई अड्डे के विद्यापति टर्मिनल से तीन शहरों के लिये यात्री विमान सेवा आज से शुरू हो रही है और ब्योरे के साथ हमारे दरभंगा संवाददाता साउंड बाईट दरभंगा हवाई अड्डा से उड़ान सेवा का शुभारंभ आज से होने जा रहा है अभी रोजाना दिल्ली मुम्बई तथा बंगलोर के लिए एक एक हवाई जहाज उड़ान भरेगा उड़ान सेवा आरंभ होने को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट को आकर्षक ढंग से सजाया गया है आज बंगलोर से आठ बजकर पैंतालीस मिनट सुबह में बंगलोर से स्पाइसजेट कंपनी का विमान दरभंगा के लिए उड़ान भरकर ग्यारह बजकर पौंच मिनट पर दरभंगा पहँचेगा वही जहाज दरभंगा से ग्यारह बजकर तीस मिनट पर दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरेगी उड़ान सेवा आरंभ होने के पहले दिन सफर करने वाले यात्रियों मे काफी उत्साह है भारत सरकार के उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट से यह सेवा शुरू की जा रही है

रेलवे ने पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिये आज से तीस नवंबर के बीच इस्लामपुर और पूर्णिया से हटिया के लिये पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दीवाली और छठ पर्व को देखते हुये दानापुर से टाटा के लिये पूजा स्पेशल ट्रेन चलायी जायेंगी यह ट्रेन तीस नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी वहीं इस्लामपुर हटिया पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से एक दिसंबर के बीच होगा प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव चार चार प्रतिशत हो गया है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग दो लाख चौदह हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार आठ सौ उन्नीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या दो लाख इक्कीस हजार आठ सौ ग्यारह हो गयी है सबसे अधिक पटना जिले में दो सौ बासठ मरीजों की पुष्टि हुई है इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार एक सौ छत्तीस मरीजों की मौत हो चुकी है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच करवाने की अपील की है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए साउंड बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विज़ुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर चार पहियों वाले सभी वाहनों के लिए पहली जनवरी दो हजार इक्कीस से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है यह सभी पुराने वाहनों और पहली दिसम्बर दो हजार सत्रह से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों पर लागू होगा इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम उन्नीस सौ नवासी के तहत चार पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए पहली दिसम्बर दो हजार सत्रह से फास्टैग अनिवार्य किया गया था वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को पहली अक्तूबर दो हजार उन्नीस से अनिवार्य किया गया था हज कमिटी ऑफ इंडिया की ओर से हज यात्रा के लिये आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है हज यात्रा दो हजार इक्कीस के लिये दिसंबर तक इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं इस बार हज कमिटी की ओर से कोविड उन्नीस को देखते हुये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्य के हज यात्री केवल कोलकाता से ही हज यात्रा पर जा सकेंगे कमिटी के अध्यक्ष हाजी इलियास ने बताया कि इस बार हज यात्रा के लिये पहली किस्त की रकम एक लाख पचास हजार रूपये रखी गई है भागलपुर में राज्य का पहला रिंगिंग बर्ड स्टेशन शुरू हो गया है यह देश का चौथा रिंगंग बर्ड स्टेशन है इसके खुल जाने से बिहार आने वाले प्रवाशी पक्षियों और गरूरो को रिंग पहनाकर उनके प्रवास विकास संख्या उड़ान मार्ग और प्रजनन का अध्ययन किया जा सकेगा साथ ही रिंग के जरिये पक्षियों की निगरानी भी आसानी से हो सकेगी वैशाली जिले के महुआ में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से इक्कीस किलो चांदी और चार सौ ग्राम सेना जब्त किया गया है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिदेश्वर जंगल के चतरों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है विश्वविद्यालय के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पच्चीस नवम्बर से स्नातकोत्तर और सात दिसम्बर से स्नातक परीक्षाएं होंगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल की खबर को प्रमुख सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है चार सर्वे में महागठबंधन को बढ़त चार में कांटे का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के दावे अलग अलग अखबार लिखता है लोकतंत्र के महापर्व में रिकॉर्ड मतों से पूर्णाहति दैनिक जागरण की सुर्खी है एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त दैनिग भास्कर ने एग्जिट पोल की रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सभी सर्वे औसत एक सौ छब्बीस सीटें महागठबंधन को जबकि एक सौ नौ सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं अखबार लिखता है कोरोना पर लोकतंत्र भारी तीनों चरणों में दो हजार पंद्रह जैसी वोटिंग आज अखबार का शीर्षक है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीते जो बाइडेन भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति

किशनगंज में सबसे अधिक तिरसठ प्रतिशत मतदान दस नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

अब तक दो लाख तेरह हजार से अधिक लोग हुये स्वस्थ